प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज व्लादिवोस्तोक में पांचवे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पोलिसी में पूर्व एशिया पर सक्रियता से विचार किया है श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस घोषणा से हमारी आर्थिक कूटनीति को नई दिशा मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व आर्थिक मंच से सुदूर पूर्व में मानवीय कल्याण के प्रयासों को बल तो मिलेगा ही साथ ही समूची मानवता को लाभ होगा उन्होंने कहा कि भारत पहला देश है जिसमें व्लादिवोस्तोक में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया है

यह पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस क अवसर पर आज नई दिल्ली में छियालीस शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार प्रदान किये जिसमें अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दांब्रक के उप प्रधानाचार्य टोनी पर्टिन शामिल है उन्हें स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों और अभिभावकों को शामिल कर साक्षरता दर को बढ़ाने और विद्यालय में शिक्षा के अनुकूल माहौल पैदा करने के लिए दिया गया है ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ शिक्षकों को दिये गये हैजिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से न केवल स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार लाया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी बेहतर बनाया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूलों में ही चरित्र निर्माण का आधार बनता है उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए शिक्षक अभिभावक के समान होते हैं राष्ट्रपति ने शिक्षकों से उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां समझने को भी कहा इधर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी क्षेत्र ईटानगर के दोरजी खाण्डू स्टेट कंनवेंशन सेंटर में आयोजित राज्य शिक्षक प्रस्कार समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पैतीस शिक्षकों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर राज्य के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री वांकी लोवांग विधायक कालिंग मोयोंग राज्य शिक्षा सचिव मधुरानी तेवतिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे अपने संबोधन में श्री लोवांग ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र और बच्चों के भविष्य के निर्माता है देश में कइ शिक्षा बोर्ड की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पूरे राष्ट्र के लिए एक शिक्षा बोर्ड हो और विभिन भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था हो तो यह ज्यादा कारगर साबित हो सकता है राज्य विधानसभा में विधायकों और विधानसभा सचिवालय में कार्यरत कर्मियों के लिए एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है लोकसभा सचिवालय के संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित की जा रही इस कार्यशाला का उद्देश्य विधानसभा से जुड़ी सभी कार्यवाहियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि काम काज में कुशलता के साथ साथ इसे पेपरलेस भी बनाया जा सके कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने कहा कि सरकार न सिर्फ विधानसभा में बल्कि अपने सभी विभागों को डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों के अनुरुप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए काम कर रही है

राज्य स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता आज से निरजुली के न्योक्रम निया हॉल में शुरु हो गई है अरुणाचल वेटलिफ्टिंग एसोसियेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री मामा नातृंग ने किया पुरुष और महिला वर्ग में राज्यभर से कुल बयासी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे है जिसमें से तैतालीस बालिकाएं हैं अपने संबोधन में अरुणाचल वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष अब्राहम के तेची ने बताया कि नौवी बार आयोजित हो रहे इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देना है